बद्दी के चारों मरीज पहले ही दिल्ली के वेदांता अस्पताल में शिफ्ट हो चुके हैं ये चारों पीजीआई में कोरोना से दम तोड़ने वाली महिला के संपर्क में आए थे नालागढ़ से आए तीनों मरीज़ों को आज सुबह शिमला के आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया जहां आइसोलेशन वॉर्ड में इनका आगामी उपचार होगा आईजीएमसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि इन तीनों मरीजों को पूरी एहतियात के साथ आइसोलेशन वॉर्ड में रखा गया है और इनके इलाज में जुटी पूरी टीम के लिए रहने और खाने की व्यवस्था अलग से रखी गई है ताकि वे अन्य लोगों के संपर्क में न आ सकें सीएम दिल्ली के निजामुदीन तबलीगी जमात में शामिल होने की जानकारी छुपाने पर हिमाचल लौटे जमातियों के खिलाफ अब सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अब तक तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की ओर से सरकार और प्रशासन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाना है और इसके तहत सभी उचित कदम उठाए जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है अपील इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील का अनुसरण करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में हमें नई ऊर्जा प्राप्त होगी मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश में लाइट आउट इवेंट के दौरान वोल्टेज में बढ़ोतरी और मांग में कमी की संभावना से निपटने के दृष्टिगत ग्रिड सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं

मुख्यमंत्री ने राज्य औषधि नियंत्रक व औषधि निरीक्षकों को जरूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवाईयां निकटतम दवा की दुकान पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे इसके लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को दवा की कीमत और दवा पहुंचाने का शुल्क खुद वहन करना होगा बिंदल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कर्फ्यू से पैदा हुई स्थिति से निपटने में सरकार और संगठन बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग पर संवाद के बाद उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल के चलते आज हिमाचल में कर्फ्यू में आम जनता का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और जन समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने स्थापना दिवस के मौके पर कोरोना से निपटने को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित करेगी उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा जहां बूथ स्तर तक संपर्क बनाकर महिलाओं को अपने परिवार के लिए मास्क बनाने के लिए जागरूक करेगा वहीं यूवा मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दान करने के प्रति जनता को प्रेरित करेंगे